और आज सशस्त्र बल झंडा दिवस है

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और किशनगंज से सांसद मौलाना असरारुल हक कासमी का आज तड़के दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया वे छिहत्तर वर्ष के थे पारिवारिक सूत्रों के अनुसार तड़के साढ़े तीन बजे किशनगंज स्थित सर्किट हाउस में मौलाना कासमी का निधन हो गया वह देर रात एक कार्यक्रम से वापस आने के बाद सो गए लेकिन अचानक तीन बजे उनकी तबियत बिगड़ी तो अस्पताल जाने के क्रम में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया वह पहली बार दो हजार नौ में किशनगंज से सांसद चुने गए और दोबारा दो हजार चौदह में उसी सीट से चुने गए आज जुमे की नमाज के बाद तीन बजे उनके पैतृक गांव टप्पू में उन्हें दफनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि उच्चस्तरीय शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार को निचली योग्यता वाली पद पर आवेदन करने का अधिकार नहीं है न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश यू यू ललित और डी वाई चन्द्रचुड़ की पीठ ने कहा है कि ऐसे वह तभी कर सकता है जब नियमों में यह कहा गया हो कि उच्च योग्यता वाले उम्मीदवारों में यह माना जा सकता है कि उनमें निचली स्तर की योग्यता होगी केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सरकार का योगदान दस प्रतिशत से बढ़ाकर मूल वेतन का चौदह प्रतिशत कर दिया है केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के दस प्रतिशत तक के अनुदान के लिए आयकर कानून की धारा के तहत कर प्रोत्साहन को भी मंजूरी दी है केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मार्च के अंत तक गंगा के सत्तर से अस्सी प्रतिशत तक जल की सफाई हो जाएगी उन्होंने कहा कि राज्यों के साथ राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत इस पवित्र नदी को साफ करने पर करीब छब्बीस हजार करोड़ रूपए खर्च किए जा रहे हैं पथ निर्माण विभाग ने भभुआ जमुई मधुबनी और छपरा के सड़क योजनाओं के लिए साठ करोड़ तिरासी लाख रूपये की मंजूरी दी है इस राशि से सड़कों के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का कार्य किया जायेगा पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने विभागीय बैठक के बाद बताया कि उन सड़क परियोजनाओं पर निर्णय लिया गया है जिन्हे प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है राज्य में दस लाख किसानों को पन्द्रह दिसम्बर तक मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया जायेगा पटना में किसानों के बीच मृदा हेत्थ कार्ड वितरण के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि मिट्टी की सेहत की जांच के लिए सरकार प्रयासरत है सिंचित क्षेत्रों में ढाई हेक्टेयर और असिंचित क्षेत्रों में दस हेक्टेयर के ग्रिड से नमूने लेकर जांच अभियान चलाया जा रहा है प्रदेश के सभी ग्राम कचहरियों को जल्द ही पचास पचास हजार रूपये दिये जायेंगे इस राशि से कचहरी के संचालन के लिए आवश्यक जरूरतों को पूरा किया जायेगा इसके लिए राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस में बेयालीस करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च ने खुलासा किया है कि बिहार में वायु प्रदूषण के कारण पिछले साल छियानवे हजार नौ सौ सड़सठ लोगों की मृत्यु हुई है राज्य में प्रद्षण के खतरनाक स्तर पर पहुंच जाने के कारण लोगों की औसत उम्र में भी एक दशमलव नौ साल की कमी आयी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने धान की खरीद को लेकर निर्धारित नमी के मानक में छूट देने का आग्रह केन्द्र सरकार से किया है इस सिलसिले में श्री कुमार ने केन्द्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान से बातचीत की मुख्यमंत्री ने केन्द्र से यह भी अनुरोध किया कि मानकों में राहत देने की सूचना भी राज्य सरकार को शीघ्र मिले श्री कुमार ने कहा कि इस साल धान खरीद के बारह लाख टन के लक्ष्य को पिछले वर्ष के अनुरूप बढ़ाकर तीस लाख टन करने और बकाया राशि का भुगतान करने का भी अनुरोध किया है विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक और वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के लिए पटना में एक उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया बैठक में राज्यपाल सह कुलाधिपति लालजी टंडन ने प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ वित्तीय और प्रशासनिक अनुशासन के लिए विश्वविद्यालय प्रशासनिक सेवा तथा वित्त सेवा का गठन करने का निर्देश दिया है उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक आलोक वर्मा को सभी अधिकारों से वंचित करने तथा छुट्टी पर भेजे जाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ उनके द्वारा दायर याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा है प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने आलोक वर्मा केंद्र सरकार केंद्रीय सतर्कता आयोग और इस मामले से जुडे अन्य सभी पक्षों की दलीलें सुनने का काम पूरा कर लिया उच्चतम न्यायालय ने मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन उत्पीड़न मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की तत्काल चिकित्सीय जांच कराने का आदेश दिया है ब्रजेश ठाकुर के बच्चों ने न्यायालय से उनके पिता को प्रताड़ना की शिकायत की थी ब्रजेश ठाकुर को उच्चतम न्यायालय के तीस अक्टूबर के आदेश के बाद भागलपुर से पंजाब के पटियाला जेल में स्थानांतरण किया गया था आज सशस्त्र बल झंडा दिवस है राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है यह दिवस प्रत्येक वर्ष सात दिसम्बर को देश के सम्मान और क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले सशस्त्र बल के पुरूष और महिला सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है रक्षामंत्री निर्मला सीतारामन ने ट्वीट संदेश में कहा कि जहां भी विपदा की स्थिति पैदा होती है वहां सशस्त्र बल बचाव के लिए पहुंच जाता है बिहार लोक सेवा आयोग की चौसठवीं प्रारंभिक परीक्षा सोलह दिसम्बर को होगी इसके लिए पूरे प्रदेश में आठ सौ आठ परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं इस परीक्षा में चार लाख इकहत्तर हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे इधर बीपीएससी ने जंतु विज्ञान का व्याख्यता पद का परिणाम जारी कर दिया है सिवान से भाजपा विधान पार्षद टून्नू जी पांडेय ने मोबाईल फोन पर जान से मारने की धमकी दिये जाने के मामले में दरौली थाने में सांसद ओम प्रकाश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है पटना के दीघा आर ब्लॉक रेल ट्रेक पर छह लेन सड़क निर्माण के लिए राज्य सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है इसके लिए लोक वित्त समिति ने तीन सौ उनासी करोड़ रूपये की मंजूरी दी है रोहतास जिले के डेहरी थाने में तीन माओवादियों समेत चौदह कैदियों पर फरार होने की कोशिश करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है गौरतलब है कि सासाराम में बंद चौदह कैदियों को एक सप्ताह पूर्व डेहरी व्यवहार न्यायालय पेश के लिए लाया जा रहा था बीच रास्ते में इन कैदियों ने वाहनों के फर्श काटकर फरार होने की कोशिश की थी पटना में आज से तिरसठवीं ऑल इंडिया रेलवे गोल्फ चैम्पियनशिप का आयोजन किया जा रहा है इस प्रतियोगिता में भारतीय रेल की सत्रह टीम के छत्तीस राष्ट्रीय औ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं तमिलनाडू में आयोजित राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में बिहार की अलिजा मारीक ने तीन स्वर्ण पदक प्राप्त की है दरभंगा जिले की अलिजा ने रूटीन स्पर्धा में यह पदक जीते हैं बिहार की प्रसन्ना श्रीवास्तव ने जमशेदपुर में खेली जा रही ऑल इंडियन रैंकिंग जूनियर अंडर फॉर्टीन टेनिस चैम्पियनशिप के फाइनल में प्रवेश किया और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबर को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान लिखता है सुप्रीम कोर्ट का तलख तेवर आलोक वर्मा को क्यों अचानक हटाया गया आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने के मामले में फैसला सुरक्षित दैनिक जागरण ने नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है धान खरीद लक्ष्य तीस लाख मीट्रिक टन ही हो दैनिक भास्कर का शीर्षक है बिहार में वायु प्रद्षण के कारण पिछले साल संतानवे हजार मौत हुई लोगों की औसत उम्र भी एक दशमलव नौ साल कम हो गयी प्रभात खबर ने लिखा है पंचायत स्तर पर भी प्लास्टिक के खिलाफ सख्ती की तैयारी राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है इंस्टाग्राम पर विश्व के सबसे प्रसिद्ध नेता बने मोदी अखबार आज की सुर्खी है पटियाला जेल में होगी ब्रजेश ठाकुर के स्वास्थ्य की जांच

और आज सशस्त्र बल झंडा दिवस है